देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित उनचास बच्चों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि इतनी कम उम्र भें इन बच्चों के अद्युत कार्य को देखकर वे हैरान हैं उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वालों में रायपुर के हर्ष अग्रवाल और अनमोल राठी शामिल हैं इन बच्चों ने लार से अग्नाशय के कैंसर को शुरूवाती चरण मेँ ही पहचानने का डिवाइस बनाया है उन्हें कल राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया

इन मंत्रियों में गिरीराज सिंह रविशंकर प्रसाद प्रहलाद जोशी और रमेश पोखरियाल शामिल हैं इन मंत्रियों ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों से मुलाकात करके पंचायत और प्रखंड विकास परिषदों को मजबूत बनाने के लिए उनसे सुझाव मांगे इस अभियान के तहत केन्द्रीय मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र सरकार इस प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री मुलाकात हाल ही में प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के नवनिर्वाचित महापौर समापति और अन्य जनप्रॅतिनिधियों ने आज नॅई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की इस अवसर पर छत्तीसंगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य भी मौजूद थे नव निर्वाचित महापौर और सभापतियों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें बधाई देते हुए सलाह दी कि वे जीत पर अहंकार न करते हुए गरीबों के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य करें पुलिस अधिकारी बैठक रायपुर पुलिस मुख्यालय में आज आठ विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें पुलिस के आध्रनिकीकरण को लेकर विचार विमर्श किया गया बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पूलिस मॉर्डनाईजेशन विवेक भारद्वाज ने बताया कि पूलिस के आध्रनिकीकरण के लिए राज्यों की जो भी जरूरतें होंगी उन पर विचार कर जल्द से जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी वहीं छत्तीसगढ़ के प्रलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा कि पुलिस के आध्रनिकीकरण से प्रकरणों को जल्द सुलझाने में मदद मिलेती है बैठक में छत्तीसगढ के अलावा गुजरात गोवा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान मिजोरम और नागालैंड के पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रस्कृत किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा रायपुर में ऑयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के दस अधिकारी सम्मानित होंगे पिछले वर्ष निर्वाचन कार्यो के संपादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए बीजापुर जिले को और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के बेहतरीन संचालन के लिए धमतरी जिले को पुरस्कृत किया जाएगा इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने इस साल एक जनवरी को अट्ठारह वर्ष पूर्ण करने वाले ॅसभी युवाओं से अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाए और मतदाता फोटो परिचय पत्र प्राप्त करें शैक्षणिक संस्था संविधान प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अब हर सोमवार को प्रार्थना के बाद संविधान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं इसके अनुसार माह के प्रथम सप्ताह में संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा होगी वहीं दूसरे सप्ताह में संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों तीसरे सप्ताह में मौलिक कर्तव्यों और चौथे सप्ताह में राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर चर्चा की जाएगी

इसका सीघा प्रसारण कल शाम सात बजे से आकाशवाणी नई दिल्ली से किया जाएगा इस वजह से आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बलेटिन कल शाम सात बजकर पांच मिनट के स्थान पर रात्रि नौ बजकर सोलह मिनट पर प्रसारित किया जाएगा वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण छब्बीस जनवरी को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से सुबह साढ़े आठ बजे से किया जाएगा बालिका दिवस देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है यह दिन केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष दो हजार आठ से हर वर्ष मनाया जाता है इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के समक्ष असमानता की चुनौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है इस मौके पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए जांजगीर में बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान का संदेश देने जागरूकता रैली निकाली गई जिसे कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटियों को बघाई और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए श्रभकामनाएं दी हैं श्री बघेल ने कहा कि बेटियों के सशक्तिकरण के साथ ही हमें आज उन्हें सुरक्षित और सहज माहौल देने की भी जरूरत है सेल स्थापना दिवस वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने आज अपने स्थापना दिवस को रन फॉर गर्ल चाईल्ड थीम से जोड़ा इस मौके पर आज भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पांच किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया विभिन्न श्रेणियों में आयोजित यह दौड़ जयंती स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड में सेल के दो हजार से अधिक कर्मचारियों उनके परिवार के सदस्यों के अलावा सेल द्वारा संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया विजयी प्रतिभागियों को बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दासगप्ता ने सम्मानित किया इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर और माइंस में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दासगृप्ता संयंत्र के आदिशासी निदेशक के अलावा वरिष्ठ नागरिकों ने पौधे लगाकर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया इस अवसर पर बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास ग्रप्ता ने एक हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया पंचायत चुनाव प्रचार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्भियां तेज हो गई हैं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ ही सांसद और विघायक भी प्रत्याशियों के पक्ष में चनाव प्रचार कर रहे हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी ने अरमारी कला पहुंच कर चुनावी सभा को संबोधित किया इसी तरह बालोद जिले में भी चुनावी प्रचार पूरे जोरों पर हैं जगह जगह फ्लैक्स बैनर और झंडे दिखाई दे रहे हैं जिला प्रशासन भी मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है मंगेली प्रतियोगिता बच्चों में विज्ञान और गणित विषय के प्रति रूचि जागृत करने के उद्देश्य से मुंगेली में विभिन्न प्रतियोगिताए आयोजित की गईं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन की जीवनी पर आधारित निबंध भाषण पोस्टर रंगोली और पहॅली प्रतियोगिताओं में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की खदानों से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को लौह अयस्क रियायती दर पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से बस्तर संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे दंतेवाड़ा और जगदलपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल रायपूर के गुढ़ियारी स्थित भारत माता चौक में भारत माता की महाआरती और देशमक्ति संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा कांकेर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई इस रैली में शहर के व्यापारी युवा और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए जांजगीर चांपा जिले में बाराद्वार पुलिस ने एक वाहन से बीस किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है ंकोरबा वन मंडल में कल रात भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई दुर्ग जिले के अंजोरा पुलिस ने ट्रक लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि आरोपियों के पास से करीब तीस लाख रूपए बरामद किए गए हैं छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा डिजिलॉकर और उमंग एप के संबंध में रायपुर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जशपुर जिले के जशपुर ब्लॉक के स्कूलों में रेडक्रास कॉर्नर स्थापित किया गया है इससे अब बच्चों को स्कूल परिसर में ही प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी